कहा कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष में सामुदायिक रेडियो को शामिल होने को कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड नाइन्टीन को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और तीन महीनों की रियायत देने की घोषणा की है जो इकत्तीस अगस्त तक प्रभावी रहेगी रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी श्री दास ने कहा कि इन उपायों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना आयात और निर्यात को बढ़ावा देना ऋण सेवाओं और कार्यशील पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रूपये की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अब तक बीस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आए हैं मुख्यमंत्री ने सभी क्वारंटीन केंद्रों पर प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को पंद्रह दिन की खाद्यान्न किट दी जाए और नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उनके राशन कार्ड बनाए जाएं मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन होने के दौरान श्रमिकों को एक हजार रूपए का भरण पोषण भत्ता भी देने के निर्देश दिए हैं लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के कुल नौ करोड़ पचपन लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और उन्नीस हजार करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं सरकार कोविड नाइन्टीन महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामृदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे सात मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर बारह मिनट प्रति घंटे करना चाहती है ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके आकाशवाणी समाचार के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हए कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का पचहत्तर प्रतिशत मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज बहुत खतरनाक होती है और इस पर प्रतिबंध को प्रेस की आजादी का हनन नहीं माना जाना चाहिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित अड़तालीस हजार पांच सौ चौंतीस लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने की दर करीब इकतालीस प्रतिशत हो चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार दो सौ चौंतीस लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर तीन दशमलव शून्य दो प्रतिशत रह गई है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक सत्ताईस लाख पचपन हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक एक करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है जो एक बड़ी उपलब्धि है इस बीच एक अध्ययन में पता चला है कि लॉकडाउन के कारण देश में बीस लाख लोगों को संक्रमण से बचाया जा सका है और चौवन हजार लोगों की जान बचाई गई है

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से अब तक राज्य में बीस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक पहंच च्यके हैं श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक एक हजार एक सौ निन्यानबे रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है जिनसे साढे सोलह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को राज्य में लाया गया है श्री अवस्थी ने बताया कि गोरखपुर में अब तक एक सौ तिरपन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से एक लाख छियासी हजार से अधिक कामगारों को लाया गया है लखनऊ में छियासठ रेलगाड़ियों से चौरासी हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं उन्होंने बताया कि जौनपुर में अब तक इकहत्तर वाराणसी में सत्तावन गोण्डा में चौवन बस्ती में पैंतालीस प्रयागराज में बयालीस और प्रतापगढ़ में इकतालीस ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहुंची हैं श्री अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के अस्थायी राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है इसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा डीएसओ आपूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक आठ लाख सत्ताईस हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि कोरोना महामारी के संकट के समय मनरेगा श्रमिकों और अन्य जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध हो सके श्री अवस्थी ने बताया कि राशन वितरण का वर्तमान चक्र कल समाप्त हो जाएगा अंतिम दिन उन लाभार्थियों को प्रॉक्सी के माध्यम से राशन दिया जाएगा जिनका आधार प्रमाणीकरण न हो पाने से राशन नहीं दिया जा सका है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दो सौ बत्तीस नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में क्ल संक्रमितों की संख्या पांच हजार सात सौ पैंतीस हो गई है कल एक सौ बीस लोग बीमारी से स्वस्थ भी हुए राज्य में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या तीन हजार तीन सौ चौबीस हो गई है अब तक बीमारी से एक सौ बावन लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार दो सौ उन्सठ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक तैंतालीस मरीज जौनप्र जिले में मिले यहां संक्रमितों की संख्या बढकर इक्यानबे हो गई है गाजीपूर में चौदह मरीज मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की तादाद पचहत्तर पहुंच गई है बदायूं में कल सत्रह लोगों में संक्रमण की पृष्टि हयी जिसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा दोग्ना होकर चौंतीस हो गया है सिद्वार्थ नगर में कल बारह नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पचहत्तर हो गई है इसके अलावा पिछले चौबीस घंटों में सहारनपुर और इटावा में आठ आठ लखीमपुरखीरी में सात आगरा गाजियाबाद रामपूर प्रयागराज अयोध्या संतकबीरनगर उन्नाव में छः छः गौतमबृद्ध नगर अलीगढ़ सीतापूर में पांच पांच मेरठ फिरोजाबाद अमरोहा मुजफ्फरनगर फतेहपुर बरेली में चार चार बिजनौर रायबरेली गोण्डा पीलीभीत भदोही में तीन तीन कानपुरनगर लखनऊ मुरादाबाद हापुड़ बहराइच प्रतापगढ़ बलरामपुर और औरैया में दो दो मरीजों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि हुयी केन्द्र सरकार ने ग्जरात समाचार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर आठ हजार लोग कोरोना से प्रभावित हैं पत्र सुचना कार्यालय पी आई बी ने इस आकलन को पूरी तरह गलत बताया है पी आई बी ने स्पष्ट किया है कि देश में गुरूवार शाम तक प्रति एक लाख की आबादी पर लगभग आठ दशमलव तीन लोग प्रभावित थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नेपाल सिंह का कल मुरादाबाद में हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया वह अठहत्तर वर्ष के थे श्री सिंह वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने टवीट संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुभवी राजनेता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बताया किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला ट्डिड़डी दल प्रदेश में भी देखा गया है झांसी जिले में बड़ी संख्या में टिड्डी कीटों को उड़ते हुए देखकर किसान चिंताग्रस्त हैं इससे पहले टिड्डी दल पंजाब राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं